पिछले चौबीस घटों में नौ लाख पचीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई इसके साथ ही देश में अब कूल तीन करोड़ अड़सठ लाख सत्ताईस हजार पांच सौ बीस परीक्षण किए जा चुके हैं परीक्षण के बाद संक्रमित लोगों की दर में गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं जो साढ़े सात प्रतिशत के आस पास रह गई है देश में प्रति दस लाख लोगों में परीक्षण की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह छबीस हजार से अधिक पहुंच गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति पर सख्ती से अमल करने से यह उपलब्धि हासिल की जा सकी है मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण निगरानी और रोगी के संपर्क में आए लोगों की जल्द से जल्द पहचान कर लेने और समय पर उपचार से रोगियों को वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है सरकार ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन महामारी की रोकथाम में जो शानदार सफलता मिल रही हैं वह देशभर में परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से संभव हो पाई हैं इस साल जनवरी में देशभर में कोविड नमूनों के परीक्षण के लिए केवल एक प्रयोगशाला थी जिनकी संख्या अब एक हजार पांच सौ चौबीस हो गई है नौ सौ छियासी सरकारी प्रयोगशालाओं के अलावा पांच सौ अड़तीस निजी प्रयोगशालाओं में भी ये परीक्षण किए जा रहे हैं आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है

एम्स की ही औषधीय प्रयोगशाला की प्रोफेसर डॉ पूर्वा माथुर ने कहा है कि इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाये रखना बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए हम लगातार आपको सही जानकारी देते आ रहे हैं इसी क्रम में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश के हर एक नगर पालिका में कोविड नाइन्टीन के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा डेढ लाख रूपये की मदद उपलब्ध कराई जा रही है सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि इसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है

इसमें फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण या किसी अन्य संबंधी दस्तावेज शामिल हैं देश में कोविड नाइन्टीन महामारी से उत्पन्न स्थिति के मदेनजर यह फैसला किया गया है कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई कि अब ऐसे दस्तावेज की वैघता इकतीस दिसम्बर तक मानी जाए इस फैसले से लोगों को परिवहन सम्बंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की सम्भावना है कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण दस्तावेजों की वैधता अवधि तीसरी बार बढाई गई है इससे पहले यह अवधि तीस सितम्बर थी

इससे इन श्रमिकों को आपात स्थिति में सहायता पहुंचाना संभव होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एक पोर्टल जारी करते हुए कहा कि इससे राज्य में निवेश करने में मदद मिलेगी और उन लोगों के लिए भी अवसर पैदा होंगे जो विदेश जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआरआई डॉट यूपी डॉट जीओवी पर पोर्टल की मदद से दूसरे देशों में काम कर रहे और अप्रवासी भारतीयों को अपनी समस्याओं का स्थानीय प्रशासन अथवा राज्य सरकार से समाधान प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है लोग एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या माई जीओवी पर भी अपने विचार लिख सकते हैं इसके साथ ही लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा एस एमएस पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर दुःख व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि श्री चौधरी काशी की संस्कृति में रचे बसे थे और वहां की सनातन परंपरा के संवाहक थे श्री मोदी ने जीवनपर्यत सामाजिक समरसता के लिए कार्य करने के लिए भी उनका स्मरण किया प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोम राज के निधन पर शोक जताते हुये कहा है कि उनका निधन सम्पूर्ण भारतीय समाज की बड़ी क्षति है